प्रधानमंत्री एनसीसी की विभिन्न टुकडियों के मार्च पास्ट और गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण भी करेंगे एनसीसी कैडेट सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा प्रधानमंत्री के समक्ष रोमांचक खेल संगीत और कला में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे यह रैली गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा है हर वर्ष गणतंत्र दिवस शिविर के लिए सैकड़ों एनसीसी कैडेट नई दिल्ली आते हैं नेत्र उपचार मंडी जिले के सुन्दरनगर अस्पताल में नेत्र रोगियों के बेहतर उपचार के लिए फैको मशीन लगाई गई है जिससे मोतियाबिंद और ग्लूकोमा जैसे ऑप्रेशन आधुनिक विधि से किए जा सकेंगे विधायक राकेश जम्वाल ने कल इस मशीन के शुभारम्भ अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आज सोलन के चम्बाघाट स्थित मशरूम अनुसंधान निदेशालय का निरीक्षण करेंगे इसके अलावा राज्यपाल का सुबाथु के समीप कटनी ध्यानयोग आश्रम का दौरा करने का भी कार्यक्रम है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है चोटियों पर हिमपात आधे हिमाचल में आज भारी बारिश बर्फबारी की चेतावनी पंजाब केसरी के शब्द हैं हिमाचल में बर्फबारी शुरू अगले दो दिन यैलो अलर्ट दैनिक भास्कर की सुर्खी है शिमला समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू एक डिग्री पहुंचा पारा

आपका फैसला ने लिखा है हिमाचल में आज से बारिश और बर्फबारी की चेतावनी हिमाचल दस्तक का कहना है आज भारी बारिश बर्फबारी का अलर्ट प्रदेश में एक फरवरी तक खराब रहेगा मौसम

मुबारिकपुर में बनेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है उद्योग विभाग के अधिकारियों ने जिला ऊना में जगह के चयन के लिए किया दौरा

छात्रवृत्ति घोटाले पर दैनिक जागरण लिखता है शिक्षा विभाग के चार कर्मचारियों से सीबीआई ने कई घंटे की पूछताछ जेल में कैदियों के जाम छलकाने के वीडियो की जांच के आदेश शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है सीएम के आदेश के बाद जेल अधीक्षक के अधिकारी को सौंपा जिम्मा

दिव्य हिमाचल की सुर्खी है दो नहीं नौ फरवरी को सजेगा जनमंच पंजाब केसरी ने खबर दी है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत युवा बेरोजगारों को नहीं मिल रहे ऋण